देश में कोरोना वायरस के नये मामले सामने आये

बिहार में संदिग्ध लोगों के पचहत्तर नमूनों में सभी निगेटिव पाये गये कोरोना को लेकर केन्द्र सरकार का परामर्श

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से कुछ देर बाद रात्रि रात आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे अपने संबोधन में श्री मोदी कोरोना वायरस से उत्पन्न हालात के साथ ही इस संक्रमण की रोकथाम के लिए किये जा रहे उपायों के बारे में देशवासियों को जानकारी देंगे देश के विभिन्न भागों से कोविड नाईइटिन के नये मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर एक सौ तिहत्तर हो गयी है इनमें पच्चीस विदेशी नागरिक हैं इधर कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की आज मौत हो गयी जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गयी है वहीं बीस लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं बिहार में अब तक पचहत्तर लोगों की जांच की गयी है जिसमें से सभी नमूने निगेटिव पाये गये हैं पटना और गया हवाई अड्डे पर बीस हजार से अधिक यात्रियों की जांच की गयी है स्वास्थ्य विभाग से ओर से कहा गया है कि तीन सौ नब्बे यात्रियों को पर्यवेक्षण में रखा गया है केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये एक और दिशा निर्देश जारी किया है परामर्श में कहा गया है कि पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति घर में ही रहें इसके साथ ही दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी घर के सुरक्षित वातावरण में रहने की सलाह दी गयी है निर्देश में कहा गया है कि बाईस मार्च से एक सप्ताह के लिये भारत में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ान को उतरने की अनुमति नहीं दी जायेगी

साउंड बाईट हमारे अधिकतर मरीज वे हैं जो विदेश यात्रा से लौटे हैं या वे हैं जो ऐसे लोगों के संपर्क में आये हैं ये वायरस का स्थानीय संक्रमण यानी लोकल ट्रांसमिशन है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सामुदायिक संक्रमण यानी कंयुनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो सकता यह इस बात पर निर्मर करता है कि हम कितनी सख्ती से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद करते हैं इस सिलसिले में सरकार ने अपनी तरफ से कई कदम उठाये हैं जिससे इसकी रोकथाम में मदद मिलेगी दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल के डॉक्टर मधुर यादव ने आकाशवाणी से एक्सक्लुसिव बातचीत में कहा है कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है

एक वो जिसमें की आदमी को फ्लू लाइक सिमटम्स होते हैं या फिर रेसपिरेटरी इन्फैक्शन होता है

आयुर्वेद में वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई आसान पद्धतियां और घरेलू उपाय हैं जिन्हे अमल में लाया जा सकता है

यह एक प्रकार से टीकाकरण का काम करता है कोरोना मामले को देखते हुए आईसीएसई बोर्ड ने आज से इकतीस मार्च तक आयोजित होने वाली दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है बोर्ड ने कहा है कि संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के बारे में जल्द ही सभी छात्रों को सूचित किया जायेगा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 साउंड बाईट स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हांथों को बार बार साबन पानी से धोए या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खासते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए बुखार आने सांस लेने में कठिनाई होने और खासी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहने या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि कोरोना को लेकर दैनिक उपयोग की किसी भी वस्तु की बिक्री पर रोक नहीं लगायी गयी है उन्होंने स्पष्ट किया कि भीड़ भाड़ कम करने के उद्देश्य से सिर्फ शॉपिंग मॉल को बंद करने का आदेश दिया गया है श्री कुमार ने कहा कि दूध सब्जी राशन समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर कोई रोक नहीं है कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार पटना स्थित आईजीआईएमएस एम्स और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी सैंपल की टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करायेगी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया राज्य में शादी समारोहों को छोड़कर पचास व्यक्तियों से अधिक लोगों के एक जगह जमा होने वाले सभी समारोहों के आयोजन पर रोक लगा दी गयी है मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि सभी निजी अस्पतालों को संदिग्ध कोविड नाईनटिन के मामलों की जांच के बाद तीन घंटे के भीतर संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट करने के निर्देश दिये गए हैं इधर विभिन्न जिलों में कोरोना वायरस से बचाव के लिये पुख्ता प्रबंध किये जा रहे हैं पूर्वी चंपारण जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिले में अभी तक चौदह संदिग्ध लोगों के लार के नमूने जांच के लिये भेजे गये हैं जिसमें से छह निगेटिव पाये गये हैं बेगूसराय जिले में छत्तीस लोगों को कोरोना वायरस के संदेह में निगरानी में रखा गया है ये लोग हाल ही में विदेश भ्रमण से लौटे हैं इधर अररिया में जागरूकता दल के सदस्य घूम घूम कर कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी दे रहे हैं शेखपुरा जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सरकारी और निजी चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया शेखपुरा व्यवहार न्यायालय में न्यायाधीश सहित सभी लोगों के कक्षों को सेनेटाइज किया गया है वैशाली जिले में हड़ताल पर गये शिक्षक घूम घूम कर द्रकानदारों यात्रियों और रिक्शा चालकों के बीच कोरोना वायरस की रोकथाम और इसे लेकर जागरूकता का संदेश दे रहे हैं अरवल जिले में सिविल सर्जन और चिकित्सकों की टीम ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर कोरोना वायरस के रोकथाम और बचाव के उपायों पर चर्चा की औरंगाबाद जिले में सदर अस्पताल में आठ बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है इधर मुजफ्फरपुर में खूदीराम बोस केन्द्रीय कारा के कैदियों द्वारा कोरोना संक्रमण रोके जाने के मद्देनजर विशेष मास्क तैयार किये जा रहे हैं जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि मेडिकल टेस्टिंग में सफल होने के बाद इसे लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्ज़्न राम मेघवाल ने आज लोकसभा को सूचित किया कि कोविड नाईनटिन के कारण लगभग एक सौ पचपन ट्रेनों को रद्द किया गया है उन्होंने कहा कि रद्द ट्रेनों के यात्रियों के टिकट की रकम बिना किसी कटौती के लौटा दी जायेगी केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये चार अप्रैल तक सभी सरकारी विभागों में प्रतिदिन ग्रुप बी और सी के पचास प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया है औरंगाबाद की एक फैमिली कोर्ट ने निर्भया मामले में दोषी अक्षय ठाक्र की पत्नी की तलाक की अर्जी को स्वीकार कर लिया है इस मामले में न्यायाधीश ने अक्षय ठाकुर की पत्नी को चौबीस मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है

देश में कोरोना वायरस के नये मामले सामने आये

बिहार में संदिग्ध लोगों के पचहत्तर नमूनों में सभी निगेटिव पाये गये कोरोना को लेकर केन्द्र सरकार का परामर्श